जोधपुर उत्तर से कांग्रेस के अब्दुल करीम जॉनी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि इनके सामने चुनाव मैदान में उतरे भाजपा के सुरेश जोशी का नामांकन खारिज होने के बाद जॉनी निर्वाचित घोषित हुए जोधपुर दक्षिण में भाजपा के किशन लड़ढ़ा के सामने कांग्रेस के गणपत सिंह चुनाव मैदान में हैं वहीं भाजपा र्न कोटा दक्षिण से योगेन्द्र खींची और कांग्रेस ने पवन मीणा को अपना प्रत्याशी बनाया है कोटा उत्तर से सोनू कुरैशी कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे चुनाव कार्यकम के अनुसार दोपहर दो बजे तक नाम वापस लिये जा सकेंगे यदि जरूरी हुआ तो मतदान ढाई बजे से पांच बजे तक करवाया जाएगा

इससे पहले कल नामांकन पत्रों की जांच की गई

भरतपुर जिले के पीलूपुरा में आंदोलनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेलमार्ग को बाधित किया हुआ है वहीं बयाना हिण्डौन सड़क मार्ग भी अवरूद्व है हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि आंदोलन के चलते राजस्थान रोडवेज बसों का संचालन करौली हिण्डौन मार्ग पर बंद कर दिया गया है वहीं करौली गंगापुर मार्ग पर जयपुर के लिए बसों का संचालन सुचारू है

प्राचार्य ने यह राशि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के बिल पास कराने की एवज में मांगी थी

मुंबई इंडियंस ने द्वबई में कल रात खेले गए आईपीएल के फाइनल में देहली कैपिटल्स को पांच विकेट से हराकर पांचवीं बार इस प्रतियोगिता का खिताब हासिल किया

प्रदेश में सर्दी का असर बरकरार है